प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली में इसकी शुरूआत करेंगे वहीं प्रदेश में भी आज से इन बैंकों की विधिवत शुरूआत हो जाएगी जयपुर में एक समारोह में केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा खेल और युवा मामलात मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ इंडिया पोस्ट पेंमेंट बैंक का शुभारंभ करेंगे समारोह में कर्नल राठौड खाताधारकों को क्यू आर कार्ड भी देंगे

उन्होंने बताया कि पोस्ट पेमेंट बैंक के गठन का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को सरल सुगम और विश्वसनीय बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है कार्यकम से पहले कर्नल राठौड जिला कलक्ट्रेट में होने वाली सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे

मुख्यमंत्री बाडमेर गुढामालानी और चौहटन में आम सभाओं को संबोधित करेंगी श्रीमती राजे विकास प्रदर्शनी का अवलोकन कर विभिन्न विकास कार्यो का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगी इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने जालौर के बिशनगढ़ में आमसभा को संबोधित किया इस अवसर पर उन्होंने यहां विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया

दो चरणों में साबरमती और साही नदी का पानी लाया जायेगा

योजना के तहत बैंकों में आसानी से ऋण मिलने से बेरोजगारों के हौंसलो को नई ऊचाईयां मिल रही है

प्रदेश में नव नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि मतदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है उन्होंने नये मतदाताओं से ज्यादा से ज्यादा संख्या में नाम जुड़वाने की अपील की है